जापान थाईलैंड अमरीका और चीन के बाद विभिन्न प्रकार के संक्रमणों की सफलतापूर्वक पहचान करने वाला भारत पांचवां देश बन गया है

उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और भी नमूनों की जांच कर सकती है डॉक्टर भार्गव ने लोगों से कहा कि वे घबराएं नहीं और सावधानी बरतें

इसका उद्देश्य इन वस्तुओं की आपूर्ति बढाना और जमाखोरी रोकना है कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के उपायों के तहत यह निर्णय लिया गया है केन्द्र ने सर्जिकल मास्क हैण्ड सैनिटाइजर और दस्ताने की उपलब्धता और कीमतों पर नियमन के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू कर दिया है

इससे राज्यों को इनके उत्पादन वितरण और कीमतों पर नियमन तथा इनकी जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने में मदद मिलेगी

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश प्रनिया ने आज जयपूर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पूरा विश्व इस बीमारी से चिंतित है इसलिए पार्टी ने फैसला किया है कि सभी मोर्च और युवाओं की मदद से पार्टी लोगों को इस बीमारी से बचाव के संदर्भ में जागरूक करेगी श्री पूनिया ने कहा कि यह अभियान जयपुर से शुरू किया जाएगा और पूरे राज्य में चलाया जाएगा

सरकार रोग से बचाव के लिए सभी उपाय कर रही है

इसके तहत आज जयप्र में हजारों लोगों को आयुष काढा पिलाया गया स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि सभी जिलों में आज से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को कोरोना से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है

हादसे में तीन लोग घायल हो गए

ये सभी लोग बाड़मेर के कनाना गांव के रहने वाले थे और जैसलमेर के रामदेवरा दर्शन करने जा रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुर्घटना पर दुख जताया है उन्होंने घायलों के शीघ स्वस्थ होने की कामना की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी टवीट कर दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की है दुर्घटना के बाद केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी घटनास्थल पर पहंचे और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से हादसे की जानकारी ली

इन चुनावों के लिए आज मतदान दलों को रवाना किया गया कल मतदान के तुरंत बाद ही मतगणना करवाई जाएगी